कल जायेगी दरभंगा और मधुबनी राज्य में तीन तलाक देने के मामले में की गयी पहली कार्रवाई

उत्तर बिहार में इस वर्ष बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिये छह सदस्यीय केन्द्रीय टीम आज पटना पहुंची पटना में केन्द्रीय टीम के साथ सताईस विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में बाढ़ से नुकसान का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त सचिव रमेश गंटा के नेतृत्व में ये टीम सीतामढ़ी के लिये रवाना हो गयी है कल टीम दरभंगा और मध्रबनी सहित अति बाढ़ प्रभावित स्थानों का दौरा करेगी इस टीम की अद्यतन रिपोर्ट के आधार पर ही केन्द्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुर्नवास के कार्यो के लिये राशि का आवंटन करेगी मूजफ्फरपूर पूलिस ने सउदी अरब से अपनी पत्नी को तीन तलाक देने वाले एक व्यक्ति मोहम्मद जावेद आलम को स्वदेश लौटने पर गिरफ्तार कर लिया तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के लागू होने के बाद बिहार में इस कानून के तहत यह पहली कार्रवाई है वैशाली जिले की नाजिया परवीन ने अपने पति के खिलाफ तीन तलाक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया था गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश की आतंरिक सुरक्षा को मजबूत किया जाना जरूरी है नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक देश चूनौतियों का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होगा तब तक वह अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएगा

गृह मंत्री ने भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में आवश्यक परिवर्तनों के लिए देशव्यापी चर्चा और की आवश्यकता पर भी जोर दिया श्री शाह ने जेलकर्मियों से आह्वान किया कि वे कैदियों के प्रति व्यवहार में बदलाव लायें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल उनतीस अगस्त को लोगों को स्वस्थ रहने की मुहिम फिट इंडिया मूवमेंट की शुरूआत करेंगे इसका उद्देश्य लोगों को फिट रहने के लिये जागरूक बनाना है सरकार के इस अभियान में योग की अहम भूमिका है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक डॉक्टर ईश्वर बसवरेड्डी ने आकाशवाणी से बातचीत फिट इंडिया में योग की भूमिका को रेखांकित किया साउंड बाईट फिट इंडिया प्रोग्राम जो खेल मंत्रालय आरंभ करने जा रहे है ये आजकल के जीवन में बहुत आवश्यक है दो चीजें है एक तो फिजिकल एक्टीविटी एण्ड डाइट और डीटाक्सीफिकेशन जो पल्यूशन वगैरह होते हैं जैसे फिजिकल एक्टीविटी जो भी वो करते है उससे बहुत सारे टॉक्सिन निकल जाते है विशेषतौर पर योग का भूमिका यह है कि आप योग अभ्यास करने से आप सिर्फ शॉरीरिक स्वस्थ नहीं रहते लेकिन मानसिक शांति तंदुरस्त होता है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि रेडियो जैसा संचार का कोई दूसरा विश्वसनीय और सशक्त माध्यम नहीं हो सकता नई दिल्ली में सातवें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन में सामुदायिक रेडियो के महत्व का उल्लेख करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि लोकतंत्र में रेडियो की भूमिका महत्वपूर्ण है इस अवसर पर उन्होंने सामाजिक विकास और संस्कृति के प्रचार प्रसार तथा लोगों को संवेदनशील बनाने में योगदान करने वाले कर्मियों को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए विधान सभा अध्यक्ष विजय क्मार चौधरी ने कहा है कि राज्यों की विधानसभा की कार्य प्रणाली के डिजिटलीकरण के लिये नेशनल ई विधान प्रणाली को लोकसभा सचिवालय के माध्यम से लागू किया जाये श्री चौधरी ने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में पीठासीन आधिकारियों की बैठक में भाग लेते हुए ये प्रस्ताव रखा जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी सहमति जतायी और सदन संचालन संहिता बनाने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया बैठक में सभी राज्यों के पीठासीन अधिकारी शामिल हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि कार्यकर्ताओं की लगन और परिश्रम के कारण राज्य में लक्ष्य से ज्यादा तीस लाख नये लोगों को पार्टी से जोड़ा गया है श्री राय आज पटना में पार्टी कार्यालय में सदस्यता अभियान की समीक्षा कर रहे थे श्री राय और राष्ट्रीय सहायक चुनाव अधिकारी और पूर्व केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री हंस राज अहिर ने पार्टी पदाधिकारियों से अभियान का लेखा जोखा लिया राज्य सरकार ने पांच सितम्बर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य के सभी स्कूलों में नियमित रूप से कक्षा के संचालन का निर्देश दिया है शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर इस तिथि को अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने को कहा है गौरतलब है कि पांच सितम्बर को नियोजित शिक्षकों ने समान काम समान वेतन को लिये पटना में एक व्यापक आंदोलन की घोषणा की है चन्द्रयान ट् को चन्द्रमा की कक्षा में चन्द्रमा के और नजदीक ले जाने का प्रयोग आज सुबह सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया लगभग उन्नीस मिनट तक चले इस प्रयोग के दौरान चन्द्रयान की चन्द्रमा से निकटतम दूरी एक सौ उनासी किलोमीटर और अधिकतम एक हजार चार सौ बारह किलोमीटर थी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा है कि ऐसा ही एक और प्रयोग तीस अगस्त को किया जाएगा वैशाली जिले के दाउदप्र गांव में कथित छेड़खानी का विरोध करने पर एक ही परिवार के सोलह सदस्यों पर अपराधियों ने तेजाब फेंक दिया इस घटना में दो महिला समेत छह लोग गंभीर रूप से झुलस गये घायलों को हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है

मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापुर बरदह गांव में पुलिस ने दो अवैध मिनीगन फैक्टरी का उद्भेदन किया है पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने बताया इसके संचालक को गिरफ्तार कर गहन प्रछताछ की जा रही है उन्होंने बताया कि फैक्टरी से एक निर्मित देशी पिस्तौल एक अर्द्धनिर्मित देशी पिस्तौल पांच मैगजीन समेत शस्त्र निर्माण में इस्तेमाल होने वाले भारी संख्या में कल पूर्जे बरामद किये गये हैं न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में बंद मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह की तीन दिन की पुलिस रिमांड की अर्जी पर पर सुनवाई करते हुए बाढ़ की स्थानीय अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है अदालत कल इस मामले में निर्णय सुना सकती है एके सैंतालीस और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में अनंत सिंह की रिमांड के लिये बाढ़ की एएसपी लिपि सिंह ने कोर्ट में आवेदन दिया था केन्द्रीय जल आयोग की सूचना के अनुसार प्रदेश में गंगा नदी का जलस्तर कई स्थानों पर घटा है इसके बावजूद पटना के गांधी घाट और हाथीदह और भागलपुर के कहलगांव में खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है इधर कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान को पार कर गया है नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर है सारण जिले के मढ़ौरा में दारोगा और सिपाही की हत्या मामले का आरोपी सूरज सिंह को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया शिवहर में अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने अंतर जिला अपराधी गिरोह के दो सदस्यों को तीन पिस्टल दो मैंगजीन और कई कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है बक्सर में फर्जी छात्रवृत्ति घोटाले मामले में प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी ने पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी समेत दो लोगों को दोषी करार दिया है बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर भी अब विशाल तिरंगा फहराया जायेगा इसकी ऊंचाई एक सौ फीट की होगी रेल मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र और बलरामपुर थाना में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर पुलिस ने लगभग दो सौ लीटर विदेशी शराब के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं कैमूर जिले के मोहनियां थाना क्षेत्र अंतर्गत भेलमा गांव के पास छापेमारी कर पुलिस ने पुल के नीचे छिपाकर रखी गयी साढ़े सात सौ बोतल विदेशी शराब के साथ दो धंधेबाजों को गिरफ्तार कर भभुआ जेल भेज दिया है वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानी बाजार इलाके में अपराधियों ने एक निजी कंपनी के कार्यालय से पांच लाख रूपये लूट लिये वहीं सीतामढ़ी जिले के नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यवसायी से चार लाख रूपये लूट लिये

कल जायेगी दरभंगा और मध्यबनी राज्य में तीन तलाक देने के मामले में की गयी पहली कार्रवाई